हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को उनकी जयंती पर प्रदेशवासियों ने दी श्रद्धांजलि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने न्यूनतम उत्पादन लागत के लिए किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने को किया आहवान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर आईआईएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सिरमौर ज़िले के धौलाक़आं में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की आधारशिला रखी

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संस्थान सुंदर व शांतिपूर्ण वातावरण में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि ये आईआईएम न केवल अग्रणी शिक्षण संस्थान के रूप में उभरेगा बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा प्रदेश होने के बावजूद हिमाचल ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस संस्थान को क्षेत्र का बेहतर संस्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी उन्होंने उम्मीद जताई कि संस्थान द्वारा शुरू किए गए पाठयक्रम विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होंगे इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई शिक्षा नीति के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर समेत अन्य गणमान्य लोग शिलान्यास समारोह में मौजूद रहे

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर परमार न केवल एक राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन मुल्य पर आधारित था उन्होंने डॉक्टर परमार के जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत पर बल दिया जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे विधानसभा परिसर में भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया

उन्होंने कहा कि परमार ने प्रदेश की मज़बूत नींव रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश देश के अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए एक आदर्श बनकर उभरे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी मुख्यालय शिमला में श्रद्धासुमन अर्पित किए अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बिलासप्र में विकास कार्यों व योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में ज़िला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों से लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हुई उन्होंने कहा कि प्रशासन ने महामारी की रोकथाम और इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को विकास कार्य पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के दौर में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी मदद का एक एक पैसा पहुंचाने के लिए वित्तीय तंत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाया है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने न्यूनतम उत्पादन लागत के लिए किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि बाजार में प्राकृतिक उत्पादों की काफी मांग है और राज्य सरकार भी खेती की इस प्रणाली को बढ़ावा दे रही है राज्यपाल को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा ने आज राजभवन शिमला में अपने बागीचे के सेब मेंट किए इन्हें सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कृषि प्रणाली के अनुरूप विकसित किया गया है राजस्व राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्होंने विभाग से जीपीएस आधारित मापन और भू लेख प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार से प्रदेश को मिली राशि की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है उन्होंने ज़मीन हस्तांतरण की शक्तियों का सरलीकरण करने पर भी बल दिया महेन्द्र सिंह ठाकुर ने लोगों की सुविधा के लिए विभाग में सुधार के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए हैं वन मंत्री वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि वनों के जरिए रोज़गार के साधन विकसित किए जाएंगे धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि विभाग के अधीन चल रही परियोजनाओं के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाने के प्रयास किए जाएंगे उन्होंने बताया कि कांगड़ा ज़िले में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है

राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे भूमि पूजन से पहले जारी तीन दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज छह घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान किया जा रहा है आज शाम होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरो पर हैं और सरयू के घाटों को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है भाजपा इस बीच सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि कल का दिन देश व दुनिया के लिए एतिहासिक होगा

भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी राम मंदिर भूमि पूजन को एतिहासिक क्षण बताया है उन्होंने कहा कि ये मंदिर राष्ट्रीय एकता व अंखडता का प्रतीक बनकर भारत की पहचान बनेगा

उन्होंने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा उत्तीर्ण की है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुस्कान जिंदल को बधाई दी है मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि सरकार प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों की सर्टिफिकेशन करवाएगी शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उत्पाद का सही दाम मिले इसके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है उन्होंने प्राकृतिक खेती उत्पादों का मार्का तैयार करने पर बल दिया ताकि इन्हें पहचान मिल सके

इन केन्द्रों के संचालकों को जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है